हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बजट पर अपना जवाब पेश किया और कहा कि बजट एक स्वतंत्र दस्तावेज़ नहीं ये अतीत को भी दर्शाता है मुख्यमंत्री ने कहा कि उदय के साथ बिजली कंपनियों का पूरा ऋण सरकार ने अपने सिर लिया

एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालोंको निर्देश दिया गया है कि वे इस संक्रमण के मरीज़ों को अलग रखने की सुविधा स्निश्चित करें उन्होंने कहा कि कोरोना वायरसा फैलने के मद्देनज़र देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़डो पर विदेशी उड़ानों से आने वाल सभी यात्रियों की जांचकी जायेंगी उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाये कि कोरोना वायरस आम लोगों में न फैले प्रधानमंत्री के प्रम्ख सचिव भी देश में कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर रहे है

उन्होंने विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा की गई चर्चा का जिक्र करते हये कहा कि उन द्वारा बजट के कुछ आंकड़ों को गलत से पेश करने की कोशिश की गई जो ठीक नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट ऐसा दस्तावेज है जो जनता को ध्यान में रखकर विकास पर गौर करते हये और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मांगों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है विपक्ष द्वारा ऋण भार बढ़ने के लगाये गये आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट जो एक स्वतंत्र दस्तावेज नहीं है वे अतीत को भी दर्शाता है

उन्होंने कहा कि पिछले सालों में सरकार ने बिजली कंपनियों को घाटा अपने सिर लिया है इसलिए इसे उदय के साथ बताया है उन्होंने कहा कि अब सारा घाटा ले लिया गया है अब और वृद्वि नहीं होगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां तक सभी विभागों का बजट में न आने की बात कही गई है उन्होंने कहा कि बजट की एक दिशा होती है हर विभाग की चर्चा नहीं होती

उन्होंने कहा कि बजट में बावन विधायकों के करीब तीन सौ सुझाव स्वीकार किये गये है और विधायकों व अन्य लोगों की राय लेने में खपत समय को दो महीनें की बर्बादी करना गलत है उन्होंने श्री हडडा की ओर इशारा करते हये कहा कि अगर आप भी ऐसा करते तो इधर से उधर नहीं बैठना पड़ता

साथ ही जनसाधारण को इन अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से बचने हेत् भी प्रयास किये जा रहे हैं

मंत्री ने कहा कि इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान की अध्यक्षता में प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग प्रमुख अभियंता पीडब्लयूडी भवन एवं सडक्रे उपायुक्त रेवाड़ी मुख्य वन संरक्षक गुरुग्राम और अतिरिक्त प्रबंधक निदेशक हरियाणा वन विकास निगम की एक समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य रेवाड़ी में एम्स की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल की संभावनाओं का पता लगाना था

एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि इस सलाह के मद्दनज़र उन्होंने इस वर्ष किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में शामिल न होनेका फैसला किया है पलवल में बारिश से गेहूं की फसल को हये नुकसान की भरपाई के लिये साढ़े तीन हजार किसानों ने प्रधानमंत्री फस्ल बीमा योजना के तहत आवदेन किया है